केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश के सभी लोगों को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि अब किसानों के पशुधन कैंडिट कार्ड भी बनाए जायेंगे हरियाणा पंजाब और चण्डीगढ में पोषण पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

जापान थाईलैंड अमरीका और चीन के बाद विभिन्न प्रकार के संकमणों की सफलतापूर्वक पहचान करने वाला भारत पांचवां देश बन गया है

उन्होंने भरोसा दिलाया कि आवश्यकता पड़ने पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ज्यादा से ज्यादा जांच करने में सक्षम है डॉ भारगव ने लोगों को सलाह दी है कि वे बिल्कुल भी न घबराएं और सावधानी बरतें केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केन्द्र सरकार देश में सभी लोगों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर राज्य में अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स जैसी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना है वे आज देहरादून के ऋषिकेश में एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे

प्रर्याप्त आधारभूत संचना पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना के बिना उचित चिकित्सा सुविधा के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रही है कि देश के हर गांव में एक डॉक्टर होना चाहिए इसके अलावा तहसील स्तर पर एक स्नातकोत्तर डॉक्टर होना चाहिए इस अवसर पर गृह मंत्री ने राज्यों में चल रही केन्द्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में भी बताया हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौ कंवरपाल गुर्जर ने आज जगाधरी विधान सभा क्षेत्र के गांवों का आभार कार्यक्रम के तहत दौरा करते हुए कहा कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को जल्दी ही भरा जाएगा उन्होंने कहा कि हमारे जगाधरी क्षेत्र में कलेसर व हथनीकंड बैराज के पास पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं जल्द ही योजना बनाकर यहां पर पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा उन्होंने कहा कि हमारी भाजपा सरकार हर घर में जल योजना लेकर आ रही है जिससे हर घर में पीने का साफ पानी पाइपलाइन व ट्रंटी के माध्यम से पहुंचाया जाएगा

मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में चल रहे राज्य स्तरीय पशु मेले में पहुंचे जहां उन्होंने पशु प्रदर्शनी का दौरा किया और उत्तम नस्ल के पशुओं की जमकर तारीफ की और साथ ही ऊंट की सवारी भी की मुख्यमंत्री ने दुग्ध क्षेत्र को आय का एक बड़ा जरिया बताते हुए युवाओं से इसे अपनाने की बात कही उन्होंने किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि खेती की तर्ज पर अब किसानों के पशुधन क्रेडिट कार्ड बनाये जाएंगे उन्होंने कहा कि इसकी क्रेडिट सीमा पशुओं की संख्या पर निर्भर होगी किसानों की आय बढ़े इसके लिए सरकार प्रयासरत हैं उन्होंने कहा कि हरियाणा आज दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है जिसे पहले स्थान पर लाना उनका मकसद है उन्होंने कहा कि दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की तकनीक से आय को और अधिक बढ़ाया जा सकता है

उन्होंने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि बारिश व ओलावृष्टि से गेहूं की फसल में हुए नुकसान की गिरदावरी करवाई जाएगी साथ ही किसानों ने भी मुलाकात कर फसल को हुए नुकसान के बारे में अवगत कराया है हरियाणा सरकार की ओर से कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने के दृष्टिगत रोहतक जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए हैं रोहतक के निंदाना गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को आईजालेशन केन्द्र बनाया गया है इसके अलावा महम में भारतीय खेल प्राधिकरण के केन्द्र में भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज व आर एन इंजीनियरिंग कॉलेज में भी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है रोहतक के उपायुक्त ने आज लघु सचिवालय स्थित सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिये उधर भिवानी के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेवा नगर और भारत नगर के स्टाफ ने झुग्गी झोपड़ियों में जाकर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया उन्होंने लोगों को बताया कि वे अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें और सावधानी से ही कोरोना वायरस संकमण से बचा जा सकता है उन्होंने बताया कि सभी साबुन से लगातार हाथ धोते रहें व छींकते व खांसते समय मूंह ढकें इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है सिरसा जिले में ओलावृष्टि एवं तेज बारिश व हवाओं से हुए फसलों के नुकसान का जायजा लेते हुए इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इस बेमौसमी बारिश के कारण किसानों की सरसों गेहूं जौं सब्जिों व बागवानी की फसलों को बहुत नुकसान हुआ है इससे पहले भी तीन बार प्रदेश के हिसार सिरसा सोनीपत करनाल यमुनानगर जिलों में ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हुई थी जिसके लिए उन्होंने फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार को चेताया था लेकिन अभी तक सरकार ने न ही तो पहले ओलावृष्ट से हुए फसलों के नुकसान की पूरी गिरदावरी करवाई है और न ही किसानों को मुआवजे की राशि जारी की है

इन राज्यों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिनमें महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और कुपोषण की समस्या से निपटने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है पलवल जिले में पोषण पखवाड़ा चलाया जा रहा है इसी कड़ी में आयुष विभाग पलवल की तरफ से आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औरंगाबाद में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया शिविर में चिकित्सकों द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और निशुल्क दवाई वितरित की गई इस अवसर पर महिलाओंबच्चों व किशोर और किशोरियों को पोषणयुक्त आहार लेने के विषय पर जानकारी प्रदान की गई

पोषण पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ मिलकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है अंबाला के जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ सतपाल ने बताया कि आयुष विभाग की ओर से जहां पोषण पखवाड़े के तहत सही पोषण देश रोशन के तहत महिलाओं व छोटे बच्चों को सम्पूर्ण आहार एवं पोषण की पूरी जानकारी दी जा रही है वहीं उन्हें कोरोना वायरस से बचाव हेतु आयूर्वेदिक उपायों बारे जागरूक किया जा रहा है इसी कड़ी में आज चौड़ मस्तपुर में सामुदायिक केन्द्र में आये लोगों को इन दोनो विषयों बारे जागुरूक करने का कार्य किया गया